मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग से पर्यटकों की संख्या बढ़ी धार्मिक और साहसिक पर्यटन में भी हुई बढ़ोत्तरी कैलाश मानसरोवर का दूसरा जत्था आज पिथौरागढ़ से हेलीकॉप्टर के जरिए गूंजी पहुंचा जम्मू कश्मीर में शहीद विकास गुरुंग को मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने दी श्रद्वांजलि

श्री जावड़ेकर ने एनडीए सरकार के चार साल के कार्यकाल में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी दी उन्होंने कहा कि चार साल में शिक्षा के क्षेत्र में कई नये बदलाव आये हैं

श्री जावड़ेकर ने कहा कि उनका मंत्रालय सभी के लिए कम खर्चीली और अच्छेऔ स्तदर की शिक्षा उपलब्धं कराने के प्रति वचनबद्ध है साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोपहर भोजन योजना को मज़बूत बनाने के लिए और अधिक धन दिया जा रहा है श्री जावड़ेकर ने कहा जो कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं

पर्यटन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग होने से प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं और अधिक बढ़ेंगी देहरादून में एक दक्षिण भारतीय फिल्म के मुहुर्त कार्यक्रम में श्री रावत ने कहा कि पिछले सात महीनों में यह छठवीं फिल्म है जिसकी शूटिंग प्रदेश में हो रही है उन्होंने बताया कि एफटीआई के सहयोग से प्रदेश में फिल्म एप्रिसियेशन कोर्स शुरू किये गये हैं इन कोर्स से राज्य के युवाओं को फिल्म निर्माण से सबंधित तकनीकी जानकारियां प्राप्त हो सकेंगीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है साथ ही धार्मिक और साहसिक पर्यटन में भी बढ़ोत्तरी हुई है यातायात व्यवस्था नैनीताल में ईद के त्योहार पर सैलानियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतज़ाम किए थे प्राप्त सुचना के अनुसार कालाढूंगी काठगोदाम और रानीबाग में यातायात रोक कर थोड़े अंतराल के बाद वाहनों को नैनीताल के लिए रवाना किया गया ज़िला प्रशासन ने पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए यातायात की समस्या से निपटने के लिए इस बार यह कार्यवाही की ज़िलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने पर्यटन नगरी में पर्यटकों की सुविधा के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों में सहयोग की अपेक्षा की है

यह महोत्सव देहरादून के एफ आर आई के मैदान में हो रहा है प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं

श्री मोदी की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जा रहेहैं आज प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल पर ज़ोर दिया गया साथ ही विभागीय अधिकारियों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनज़र सभी आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है प्राप्त सुचना के अनुसार प्रधानमंत्री के दौरे से आम आदमी को किसी प्रकार की मुश्किल न होने के लिए प्रशासनिक स्तर पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया है

इसी क्रम में लोगों को योग के प्रति लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से देहरादून में वॉक फॉर योग का आयोजन किया गया जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के नेतत्व में बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया सचिवालय से शुरू हए वॉक फॉर योग के तहत महिला अधिकारियों के दल को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया इस वॉक के जरिए लोगों को योग अपनाने का संदेश दिया गया

साथ ही मैदानी इलाकों में भी लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है

वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्ज के साथ वर्षा की संभावना जताई है कई जगहों पर आसमान साफ रहने तो कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दूसरा जत्था आज हेलीकॉप्टर के ज़रिए पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई अड्डे से गूंजी पहंच गया है

जिसके बाद दल के सदस्यों का मेडिकल परीक्षण कर उन्हें नाधी धाम के लिए रवाना कर दिया जाएगा उधर कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल आज गूंजी में दूसरे चरण के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद नाधी धाम पहुंच गया है

इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए पिथौरागढ़ से गूंजी तक हेलीकॉप्टर की विशेष व्यवस्था की गई है

श्रद्वांजलि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जम्म कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद जवान विकास गुरूंग के ऋषिकेश स्थित आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल और विधायक गणेश जोशी ने भी शहीद विकास गुरूंग को श्रद्वांजलि दी है मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से मिलकर कर शोक व्यक्त किया उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता दुख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ है साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार शहीद के परिवारजनों की हर सम्भव मदद करेगी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से हुई गोलीबारी में गोरखा राइफल के जवान विकास गुरूंग शहीद हो गए थे

इस बार शुरुआत से ही भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंचने लगे थे माना जा रहा है कि आपदा के बाद यह पहला सीजन है जब इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे हैं पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों की हर संभव मदद की जा रही है उन्होंने बताया कि बरसात के बावजूद भी तीर्थयात्रियों का आवागमन जारी है

इस टीम में दो पोर्टर और दो आईटीबीपी के जवान भी शामिल थे

इस आपदा में यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव गौरीकुंड और रामबाड़ा का नामोनिशान ही मिट गया जहां यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता था आपदा के पांच वर्ष पूरे होने पर पुलिस की टीम ने ख़राब मौसम और खड़ी चढ़ाइयों को पार कर चौराबाड़ी ताल पर पूजा पाठ और भजन कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी संक्षिप्त समाचार हरिद्वार में स्पर्श गंगा टीम की ओर से चलाए जा रहे गंगा सफाई अभियान के तहत कल प्रेमनगर घाट विश्वकर्मा घाट और गोविन्द घाट पर सफाई अभियान चलाया गया